अरविंद पांडेय शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने अधिकारियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शत प्रतिशत छात्रों को स्कूल में पंजीकृत कराकर शिक्षा का लाभ दिलाने के निर्देश दिये

उन्होंने मान्यता के प्रकरणों की अनदेखी न करने को कहा और पारदर्शिता से मान्यता प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही से विभाग की छवि खराब होती है शिक्षा मंत्री ने बुक बैंक स्थापना योजना में जिस विद्यालय में अच्छी व्यवस्था होगी वहां के नामित अध्यापक को सम्मानित करने की घोषणा भी की उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए किन्हीं कारणों से ज्वाइन न करने वाले गेस्ट टीचरों के स्थान पर तत्काल प्रतीक्षा सूची से अध्यापक को ज्वाइन करवाकर विद्यालय की पढ़ाई सुचारू करने के निर्देश भी दिए इस बीच पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए जिन जिलों की उपलब्धि कम है वह ठोस रणनीति के तहत तेज गति से कार्य कर लक्ष्य को पूरा करें उन्होंने कहा कि यदि लक्ष्य पूरा करने में कोई समस्या हो तो उच्चाधिकारियों या उनके संज्ञान में लाये ताकि उसका निराकरण किया जा सके

सत्र से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक करके सत्र की तैयारियों की समीक्षा की खासकर सुरक्षा संबंधी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई

बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सत्र के दौरान बिजली पानी स्वास्थ्य सुविधा सुरक्षा वाईफाई की उपलब्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं राज्यपाल का अभिभाषण भी भराड़ीसैंण में होना है इसके लिए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के आगमन और प्रस्थान के समय हैलीपैड से सम्बन्धित सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गयी विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार सत्र के दौरान बजट से संबंधित साहित्य पेन ड्राइव में दिया जाएगा यही नहीं पेयजल के लिए भी अलग से व्यवस्था की जा रही है क्योंकि प्लास्टिक का बोतल बंद पानी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा

कुंभ मेले से सम्बन्धित पत्र व्यवहार आदि कार्यो के लिए प्रतीक चिह्न का तय किया जाना आवश्यक है मुख्य सचिव ने अखाड़ा से सम्बन्धित अस्थायी निर्माण कायों को संपादन के लिए ग्राम्य विकास अभिकरण को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित करने के निर्देश दिए

कॉन्क्लेव की औपचारिक शुरूआत करते हुए केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष आरके जैन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहत सी चीजों में परिवर्तन होगा पर्यावरण और समाज इससे व्यापक तौर पर प्रभावित होंगे वहीं आईआईटी रूड़की के निदेशक अजीत चतुर्वेदी ने कहा कि वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन देश के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं जलवायु परिवर्तन के कारणों और इससे होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है

पुलवामा हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में आज ही के दिन आतंकवादियों के प्रशिक्षण ठिकानों पर वायुसेना ने बम बरसाकर उन्हें नष्ट कर दिया था इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को उसके अदम्य शौर्य और पराक्रम के लिए नमन किया है एक ट्वीट में रक्षामंत्री ने कहा कि यह भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धाओं द्वारा आतंकवाद के विरूद्व की गई सफल कार्रवाई थी उन्होंने कहा कि भारत द्वारा बालाकोट में की गई वायुसेना कार्रवाई आतंकवाद के विरूद्व भारत के सख्त रवैये को प्रदर्शित करती है श्री सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने के तरीकों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया

वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया ने बालाकोट के बहादुर जवानों से श्रीनगर में मुलाकात की

उन्होंने अत्याध्रनिक विमानों से भिड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी वायुसेना को उन पर गर्व है उन्होंने कहा कि यदि सीमा पार से हमले की साजिश की जाती है तो उसका तत्काल और बहुत कड़ा जवाब दिया जायेगा

कई ट्वीट के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि पूलिस और अन्य एजेंसियां शांति स्थापित करने और स्थिति को सामान्य बनाने में जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं उन्होंने कहा कि शांति और सद्भाव हमारे देश के चरित्र में शामिल हैं उन्होंने सभी से हमेशा शांति और भाईचारा बनाये रखने की अपील की उन्होंने कहा कि स्थिति को यथाशीघ्र सामान्य बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है दिल्ली हालात दिल्ली के पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने बताया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसा वाले इलाकों में काफी हद तक स्थिति सामान्य हो गई है उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी गश्त कर रहे हैं और अतिरिक्त बल भी लगाये गये हैं

सुरक्षा बलों ने आज बाबरपुर जौहरीपुर और मौजपुर में फ्लैग मार्च किया विशेष पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था एस एन श्रीवास्तव और विशेष पुलिस आयुक्त अपराध सतीश गोलचा ने आज जाफराबाद इलाके का दौरा किया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल देर रात पुलिस उपायुक्त उत्तर पूर्व के कार्यालय में उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की श्री डोभाल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया हादसा नैनीताल जिले में भीमताल ब्लॉक के अमृतपुर गांव से आगे एक कार अनियंत्रित होकर कई सौ फिट गहरी खाई में जा गिरी इस हादसे में कोटाबाग निवासी तीन लोगों की मौके पर ही मृत्य हो गई जबकि कार चालक को गंभीर हालत में हल्द्वानी रेफर किया गया हादसा कल देर रात छोटा कैलाश मार्ग पर हुआ बताया जा रहा है कि सभी लोग एक विवाह समारोह में शिरकत करके वापस कोटाबाग लौट रहे थे इस बीच उनकी कार अनियंत्रित होकर खई में लुढ़क गई कार में चालक समेत कुल चार लोग सवार थे जिनकी शिनाख्त हो गई है रात को ही स्थानीय लोगों ने खाई में गिरे लोगों को बाहर निकाल कर सड़क तक पहुंचाया प्रशिक्षण संपन्न अल्मोड़ा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आज कुमाऊं मंडल स्तरीय शिक्षकों का तीन दिवसीय साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट प्रशिक्षण संपन्न हो गया है प्रशिक्षण में कक्षा छह से आठवीं तक विज्ञान विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों ने हिस्सा लिया शिविर के दौरान शिक्षकों को बाल वैज्ञानिकों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करने के टिप्स दिये गये